श्री नायडू ने कहा तकनीकि के इस दौर में वि वविद्यालयों को बदलते समय के अनुसार िंगक्षा उपलब्ध करानी होगी देहरादून से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय मांगने का अनुरोध करेगी मुख्यमंत्री ने प्रदे में धान की खरीद पहली अक्टूबर से शुरू करने के दिये निर्दे

उन्होंने कहा कि सर्वधर्म सम्भाव और सबका साथ सबका विकास की भावना ही सच्ची देशभक्ति है उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे उपाधि धारक छात्र छात्राओं को बधाई देते हए श्री नायडू ने कहा कि सूचना और तकनीकि के विस्तार के कारण आज द्वनिया सिमट रही है उन्होंने कहा कि छात्रों को इस दौर में सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना से आगे बढ़कर अपनी कार्यक्षमता में सुधार करना होगा समय के साथ शिक्षा की बदलती चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों को इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को रेखाकित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के लिए आवश्यक सुधारों को ठोस तरीके से लागू कर रही है

उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृष्ठ समय देना चाहिए उन्होंने छात्रों का आहवान किया कि वे स्वच्छ भारत और केंद्र की अन्य राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस मौके पर राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पॉल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा देना है जिससे युवा वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस युग में छात्रों को हर दिन अपने को नई तकनीक के अनुरूप ढालने की कोशिश करनी होगी कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धनसिंह रावत भी उपस्थित रहे अनुरोध देहरादून से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय मांगने का अनुरोध करेगी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण इन दिनों जन जीवन प्रभावित होने से अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्यों में व्यस्त हैं जिससे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत और कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहंचाना है उन्होंने बैठक में उपस्थित महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को निर्देशित किया कि वे सोमवार को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्यायालय को सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं और प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध करें यातायात नियम पौड़ी जिले के धूमाकोट बस हादसे के बाद न्यायपालिका और राज्य सरकार ने यातायात नियमों को और सख्त कर दिया है और इनके कड़ाई से पालन के निर्देश दिये हैं इन नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जायेगी रुद्रप्रयाग में परिवहन विभाग ने न्यायालय द्वारा जारी किये गए यातायात नियमों की जानकारी सभी सरकारी गैरसरकारी स्कूलों के वाहन चालकों और संचालकों को दी सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने बताया कि मोबाईल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने ओवरलोडिंग ओवर स्पीड प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने सीट बैल्ट हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

पहली जून को घाटी खुलने के बाद से यहां पर्यटकों की आवाजाही जारी है जून के महीने में जहां ग्लेशियर पर्यटकों को लुभा रहे थे वहीं अब इस घाटी में बड़ी संख्या में खिले फूल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं विश्व धरोहर इस घाटी में विभिन्न प्रजाति के फूल हैं और यहां दुलर्भ प्रजाति के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने से लाभार्थी बेहद खुश हैं

अक्टूबर में उनका पक्की छत वाला मकान बनकर तैयार हो गया धान खरीद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में धान की खरीद पहली अक्टूबर से शुरू करने के निर्देश दिये हैं

सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को धान का मूल्य तत्काल देने के निर्देश दिए

उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को तीन दिनों के अन्दर ही खरीद का भुगतान किया जाए मौसम प्रदे के विभिन्न हिस्सों में बारि के बाद आज तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है देहरादून में दोपहर के समय हुई बारि ा के चलते गर्मी से राहत मिली हालांकि इस दौरान आवाजाही करने वाले लोगों को परे ानियों का सामना करना पड़ा मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिा होती रहेगी

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा परिचालन केंद्र के उप सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने और आपदा के दौरान जरूरी सतर्कता बरतने के निर्दे दिए हैं

गुंजी के रास्ते में चियालेख घाटी में घने कोहरे के कारण हैलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है इस दल को आज तिब्बत में प्रवेश करना है लेकिन वह अभी तक गुंजी ही नहीं पहुंच पाया है एक समाचार एजेंसी के अनुसार दल के सदस्यों को गुंजी में भी कम से कम चार दिन मौसम के अनुकूल होने और मेडिकल चेकअप के लिए रूकना होगा संक्षिप्त समाचार चम्पावत जिले में धौन के पास एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है राज्यपाल डॉ कृष्णा कांत पॉल कल अल्मोड़ा भ्रमण पर रहेंगे वे यहां काकड़ीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे